इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे गौरतलब है कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने सामुदायिक संगठनों जन प्रतिनिधियों युवाओं छात्र संगठनों परिवहन बाजार कल्याण संगठनों सहित विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राज्य के युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर काबू पाने यातायात प्रबंधन सामाजिक ब्राइयों के खिलाफ जनजागरुकता सामुदायिक सौहार्द और लोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया था उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य में चहमुखी विकास और प्रगति के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया वे कल नामसाई जिले के जिला उपायुक्त कार्यालय में महत्वकांक्षी नामसाई जिला के विकासात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिले में पिछले महीने शुरु किए गए हमारा विद्यालय पहल के तहत की गई प्रगति का जायजा लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के तहत की गई पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि इस साल की तरह जहां जिले के सभी तीन विधायको ने जिला अस्पताल के ब्रुनियादी ढांचे के विकास के लिए योगदान दिया था अगले वर्ष में भी हम इसी तरह शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योगदान देंगे उन्होंने सभी स्कूलों में सौ प्रतिशत बिजली सौ प्रतिशत शौचालय और बाउंडरी वाल पर भी जोर दिया इस अवसर पर श्री मेन ने रोबोटिक जागरुकता कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामसाई जिले के स्कूलों में पेश किया जाएगा साथ ही जिले में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में लाने और पहुंचाने के लिए पहली सवारी नाम की चार एम्बूलेंस को भी हरी झंडी दिखाई राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सीमावर्ती जिले के जिला उपायुक्तों को परियोजना क्षेत्र का दौरा करने खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाले क्षेत्रों में और परियोजना की गुणवत्ता बनाए रखने तथा समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए हर वैकल्पिक महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया ये बात श्री कुमार ने गत बुधवार को ईटानगर के सिविल सेक्रेटेरियत में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी ए डी पी पर आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान कही उन्होंने जिला उपायुक्तों से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित ग्रामीणों पर एक मजब्रत और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाले योजनाओं को प्रस्तावित करने को भी कहा मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों से बी ए डी पी के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए अपने अपने जिलों के प्रत्येक सीमांत ब्लोको से एवं गांव को चयनित करने का निर्देश दिया केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में दो हजार अटठारह उन्नीस के लिए जमा राशि पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है सूत्रों के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने छह करोड़ से अधिक ग्राहको के लिए इ पी एफ जमा पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत ब्याज दर अधिसूचित की है ई पी एफ ओ ने दो हजार सत्रह अट्ठारह के लिए मंजूर किए गए आठ दशमलव पांच पांच फीसदी ब्याज दर पर ई पी एफ निकासी के दावों का निपटारा किया है अब इ पी एफ ओ दो हजार अट़ठारह उन्नीस के लिए आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत की उच्च दर पर खातों का निपटान करेगा गर्भवती और बच्चों को स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सरकार की विशेष योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाने पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना है जिसमें गर्भवती महिला को उनकी पोषण जरुरतें पूरा करने और वजन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए उसके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है इस योजना की शुरुआत एक जनवरी दो हजार सत्रह को हुई थी

सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत आज पासीघाट में मणिपुर और झारखंड के बीच क्वार्टर फाईनल मैच खेला गया जिसमें मणिपुर ने झारखंड को पंद्रह दो से पराजित कर दिया वहीं आज खेले गए द्रसरे क्वाटर फाइनल मैच में मेजबान टीम अरुणाचल प्रदेश को हार का सामना करना पड़ा ओड़िसा ने अरुणाचल को पांच शून्य से पराजित कर सेमीफाईनल में जगह बनाई